मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है उन्होंने उद्यमियों से पूर्वांचल में अधिक से अधिक निवेश करने का आहवान किया श्री योगी कल शाम गोरखपुर में फिक्की और गोरखपुर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल अथारिटी गीडा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित उद्यमी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उद्यमियों की सुरक्षा के लिये राज्य में बेहतर माहौल पैदा किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष फरवरी माह में इंवेस्टर्स समिट के आयोजन के बाद राज्य में अब तक ढाई लाख करोड़ रूपये से अधिक का निवेश हो चुका है उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी पर है इस एक्सप्रेस वे को गोरखपुर से जोड़ने के लिये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जायेगा जिसके दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा विकसित किया जायेगा उन्होंने बतायाकि प्रदेश में सात एयरपोर्ट कार्यरत है और ग्यारह अन्य एयरपोर्ट बनाने का कार्य तेजी से चल रहा हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छह उद्यमियों को सम्मानित किया प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने छात्रों से जल संरक्षण और अन्न बचाने का आह्वान करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सामर्थ्य ही राष्ट्र की शक्ति और कल की आशा है

उन्होंने कहा कि जब कभी राष्ट्र के सामने चुनौतियां आई युवाओं ने ही अपनी शक्ति और पुरूषार्थ से उनका सामना किया और समाधान निकाला राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों के सामने रोजगार परक और मूल्य आधारित शिक्षा सबसे बड़ी चूनौती है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को ऐसे पाठयक्रम संचालित करने होंगे जिनसे छात्र छात्राएं रोजगार हासिल कर सके राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के हाथों ही नये भारत की तस्वीर बनेगी उन्होंने युवाओं से अध्ययन के साथ सामाजिक कार्यो से जुड़ने का भी आहवान किया राज्यपाल ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लोगों को स्वच्छता स्वास्थ्य कूपोषण और अन्य बीमारियों से बचाव क लिये प्रेरित करे तभी स्वस्थ और निरोगी भारत का प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा इस अवसर पर उन्होंने बत्तीस मेधावियों को सत्तावन स्वर्ण पदक प्रदान किये साथ ही बाईस हजार सात सौ छब्बीस छात्र छात्राओं को उपाधियां वितरित की गई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के उल्लंघन का आरोप लगाया है उनका कहना है कि श्री चिदम्बरम ने अपन खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले पर टिप्पणी की है जो उचित नहीं है संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने आर्थिक स्थिति पर कांग्रेस नेता चिदम्बरम की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यूपीए शासन के दौरान मुद्रास्फीति चरम पर थी तथा विकास दर कम थी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य में जनता से किये गये वादों को पूरा कर रही है

श्री मौर्य आज मथुरा में एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि मथुरा में सड़कों का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा महिलाओं पर एक प्रश्न के उत्तर में श्री मौर्य ने कहा कि महिलाओं से अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा

पुलिस ने उन्नाव जनपद की एक दुष्कर्म पीडिता को जलाकर मारने के प्रयास में शामिल सभी पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है यह घटना आज सुबह उस समय हुई जब पीड़िता मुकदमे के संबंध में जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गंभीर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक और मंडला आयुक्त को घटनास्थल पर जाने तथा शाम तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है पीडिता को लखनऊ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से उसे आज शाम एयरलिफ्ट कर नई दिल्ली सफदरजग अस्पताल भेजा गया है पीड़िता को हालत गंभीर बनी हुई है सरकार ने उसके इलाज का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की है यह घटना आज सुबह उन्नाव जिले के बिहार क्षेत्र में हुई इसी महिला से दुष्कर्म के जुर्म में जमानत पर छूटे एक दोषी सहित इन लोगों ने गांव के बाहर खेतों में महिला पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया उन्नाव की इस घटना को लेकर संसद में हंगामा हुआ और कार्रवाई बाधित हुई विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि न्यायपालिका महिलाओं के खिलाफ अपराधों से प्राथमिकता के आधार पर निपट रही है राज्यसभा में प्रश्नकाल के दारान उन्होंने कहा कि देश में एक सौ दो अतिरिक्त त्वरित अदालतें बनाने का प्रस्ताव है इन अदालतों में विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी उन्होंने बताय कि इसके अलावा जघन्य अपराधों के मामलों के निपटारे के लिए सात सौ चार त्वरित अदालतें पहले से ही स्थापित हैं

रेपो दर पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत पर ही बनी रहेगी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्विरोध समर्थन किया रिवर्स रेपो दर चार दशमलव नौ शून्य प्रतिशत और बैंक दर पांच दशमलव चार शून्य प्रतिशत बनी रहेगी समिति ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अन्दर बनाए रखने के साथ नीतिगत दरों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला किया जब तक वृद्धि दर बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यकन हो रिजर्व बैंक हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है यह इस वर्ष की पाचवी बैठक थी बहजन समाज पार्टी में रहे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विनोद सिंह तथा पार्टी के पूर्व विधायक टीराम आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा राज्य सरकार में काबीना मंत्री बुजेश पाठक की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं के शामिल होने से पार्टी सशक्त होगी दोनों नेताओं को बहुजन समाज पार्टी से इसी वर्ष निष्कासित कर दिया गया था विनोद सिंह मायावती सरकार में पर्यटन मंत्री रहे थे उन्होंने इस वर्ष सम्पन्न हुए लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर में मेनका गांधी का समर्थन करते हुए सपा बसपा उम्मीदवार का विरोध किया था

रेलवे प्रशासन ने घने कोहरे और खराब मौसम से होने वाली परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण कुछ गाड़ियों का निरस्तीकरण और कुछ के मार्ग में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है

इसके अलावा उत्तर रेलवे तथा उत्तर मध्य रेलवे की प्रदेश से गुजरने वाली कई रेलगाड़ियां निरस्त की गई है तथा कुछ गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही इसके बेहतर भंडारण की प्रौद्योगिकी विकसित करने के उपाय किए हैं कल लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बहस का जवाब देते हुए सुश्री सीतारमन ने कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनके तहत प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध भंडारण सीमा को लागू करना प्याज के आयात और हस्तांतरण को कम आपूर्ति वाली श्रेणी में शामिल करने जैसे उपाय शामिल हैं

वित्तमंत्री ने कहा कि प्याज से संबंधित कई समस्याएं हैं उन्होंने कहा कि भारत के पास भंडारण के वैज्ञानिक रूप से उन्नत तरीके नहीं हैं उन्होंने यह भी कहा कि प्याज के भंडारण के लिए उन्नत वैज्ञानिक स्विधा की जरूरत है और सरकार ने इस दिशा में कार्य करना शुरू भी कर दिया है

लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने यह जानकारी दी बाइट आने वाले समय में जो टू दू फोर लेन फोर टू सिक्स लेन सिक्स टू ऐट लेन और उसके साथ साथ ग्रीन एक्सप्रेस हाइवे जो है ये लगभग हम लोग हंडरेड परसेंट पूरा इक्नॉमिक वाइब्रेट को स्टडी कर कर के फिर बजट से दस परसेंट बीस परसेंट सपोर्ट भी एडिशनल देंगे और हम करने का प्रयास करेंगे हमने एक नया मॉडल निकाला है कि पीपीपी बीओटी हाइब्रिड इनविटी